श्री मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में किसानों की एक रैली को सम्बोधित करते हुए यह बात कही इस अवसर पर उन्होंने खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढाये जाने के केन्द्र के फैसले का भी जिक किया इस रैली का आयोजन मुख्य रूप से खरीफ फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने के केन्द्र के फैसले के आभार को लेकर किया गया है मुख्यमंत्री रतलाम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लिये कोई चुनौती नहीं है श्री चौहान ने आज रतलाम में जनअशीर्वाद यात्रा के दौरान पत्रकारों से चर्चा में कहा कि प्रदेश में कमलनाथ ज्योतिरादित्य सिंधिया और दिग्विजय सिंह कोई भी भाजपा के लिये चुनौती नहीं है मुख्यमंत्री ने कांग्रेस नेताओं के बयानों के सम्बंध में कहा कि इन बयानों से भाजपा को ही फायदा मिलता है उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें पहले प्रदेश बिमारू और उजाड़ था न सड़कें थी न बिजली और न पानी था उन्होंने स्थिति सुधारने के लिये कमबद्ध तरिके से काम किया है श्री चौहान ने कहा कि आज सड़कें बिजली और पानी की पर्याप्त व्यवस्था है इससे आगे अब प्रदेश को समृद्ध बनाने की तैयारी करना है इसके लिये प्रदेश की जनता से सुझाव लेकर समृद्ध मध्यप्रदेश बनाने का संकल्प पत्र तैयार करेगी

अभ्यर्थी प्रथम चरण के प्रवेश के समय और द्वितीय चरण की काउंसलिंग के समय बेहतर विकल्प का लाभ ले सकते हैं

ऐसे अभ्यर्थी जो अपने द्वारा प्रथम चरण में प्रवेश के लिये दिये गये बेहतर विकल्प का लाभ लेने में कोई संशोधन नहीं करना चाहते है तो उनके प्रथम चरण के प्रवेश के समय दिये गये बेहतर विकल्प को ही द्वितीय चरण की काउंसलिंग के लिये मान्य माना जाएगा संचालक चिकित्सा शिक्षा ने बताया है कि अभ्यर्थी काउंसलिंग से संबंधित सूचना के लिये संचालनालय की वेबसाइट और एमपी ऑनलाइन पोर्टल के सम्पर्क में रहें युवा खेल केन्द्रीय खेल राज्य मंत्री राज्यवर्धन राठोर ने कहा है कि देशभर में दो से तीन करोड़ बच्चों की खेल प्रतिभाओं का पता लगाने के लिये केन्द्र जल्द ही महत्वाकांक्षी योजना शुरू करेगी गुजरात के अहमदाबाद में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि शारीरिक क्षमता के आधार पर हर साल एक हजार बच्चों का चयन किया जायेगा सभी स्कूलों में बच्चों की शारीरिक योग्यता की जांच की जायेगी

चलित थाना शिवपुरी जिले में पुलिस ने जनसुनवाई की तर्ज में ग्रामीणों की समस्याओं के हल के लिये चलित थाना नामक एक नई पहल की शुरूआत की है हमारे संवाददाता के अनुसार इस पहल में पुलिस अधीक्षक से लेकर सम्बन्धित सभी पुलिस अधिकारी एक साथ मौके पर जाकर ग्रामीणों की समस्याओं को मौके पर ही समाधान करते हैं इसकी शुरूआत जिले के करेरा की जिला ग्राम पंचायत में की गई जो काफी सफल रही इस चलित थाने के शुरू होने से ग्रामीणों का पूरे दिन का सही उपयोग हो पाता है साथ ही उनका समय और पैसा भी बच जाता है

राजधानी भोपाल में भी इस दौरान बादल छाए रहेंगे शहर के कई हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है

सबसे अधिक बारह सेन्टीमीटर बारिश कोलारस में दर्ज की गयी

उनके पास से करीब आठ लाख रूपये मुल्य की चन्दन की लकड़ी जब्त की

यह प्रतियोगिता बीस जुलाई तक चलेगी